मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कोरोना महामारी को लेकर राज्य सतर्क आम जनों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील की राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाली की दर छियानबे दशमलव नौ आठ प्रतिशत हई अबतक एक लाख चार हजार दो सौ उनतीस लोग संक्रमण से हुए मुक्त राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बढ़ी ठंड दो दिनों में तापमान में छह डिग्री तक गिरावट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

ये फ्लैट नई दिल्ली में डॉक्टर विश्वंभर दत्त मार्ग पर बनाये गये हैं

इन फ्लैटों के निर्माण में कई हरित निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है इनमें राख और मलबे से बनी इटें ताप की रोकथाम के लिए डबल गेज्ड विंडो और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती एल ई डी लाइट फिटिंग्स बिजली की कम खपत के लिए वी आर वी प्रणाली वर्षा जल संरक्षण प्रणाली और रूफ टॉप सोलर प्लांट शामिल हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में झारखण्ड पूरे देश के लिए उदाहरण बना कोई भय नहीं फैला न भूख से किसी की मौत हुई कई राज्यों की स्थिति भयावह हो चुकी है स्थिति सामान्य होने के बाद महामारी को तीसरा अध्याय प्राप्त सूचनाओं के आधार पर खुलता नजर आ रहा है उन्होंने कहा कि राज्य के सामने नई चुनौतियां हैं और सरकार राज्य में जनजीवन सामान्य करने में जुटी हई है श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को आमजनों के सहयोग से जीता जा सकता है उन्होंने आमजनों से अपील की है कि जब तक इसका पुख्ता इलाज न हो तबतक सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें

वहीं कोरोना से दो सौ बहत्तर मरीज ठीक हुए हैं जबकि पांच मरीजों की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सात हजार चार सौ उनहत्तर हो गई है वहीं दो हजार दो सौ नवासी सक्रिय केस हैं इसके अलावा एक लाख चार हजार दो सौ उनतीस मरीज ठीक भी हुए हैं जबकि अब तक नौ सौ एकावन मरीजों की मौत भी हो चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानबे दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गई है

जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर विराम लगाने को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे पूर्व मंत्री ओपी लाल का कल रांची के रिम्स में निधन हो गया बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एकीकृत बिहार में मंत्री रह चुके ओपी लाला के निधन पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दःख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है

यह हड़ताल कोयला बिजली इस्पात जैसे औद्योगिक संस्थानों सहित बैंक बीमा जैसे प्रतिष्ठानों में भी रहेगी भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं

स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे

इधर कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने हड़ताल में शामिल न होने के लिए एक अपील जारी की है उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया को आवंटित किसी भी कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं की जा रही है

चेयरमैन ने कहा कि हड़ताल की मांगों में नीतिगत निर्णय शामिल हैं उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हैं विद्युत विभाग बिजली बिल बकाएदारों के विरुद्व आज से रांची में फिर एक बार अभियान शुरू करने जा रहा है

टीम बकाया वसूली और बिल जमा नहीं करने वालों का बिजली कनेक्शन काटने का काम करेगी

सिमडेगा जिले में प्रशासन द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है

मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बताया कि नईसराय हॉस्पिटल कॉलोनी के सामने यह घटना हुई है हादसे के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया

राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सुबह और शाम ठंडी हवाए चलने से कनकनी बढ़ गई है रांची में कल न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनो में राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने का पुर्वानुमान व्यक्त किया है जिनमें गिरिडीह जामताड़ा धनबाद बोकारो हजारीबाग रामगढ़ और लोहरदगा जिला शामिल है वहीं चिकित्सकों ने भी बदलते मौसम में सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है

पूर्व मंत्री समेत पांच कोविड मरीजों की मौत और एक सौ सैंतीस नए मामले टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना के सीईओ द्वारा कोविड वैक्सीन की कीमत का खुलासा करने की खबर को हिन्दुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है